श्री राम मंदिर भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श द्वनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य आज से श्रू हो गया भूमि पूजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने राम मन्दिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया उन्होंने देश विदेश के रामभक्तों को इस अवसर पर बधाई दी

सियावर रामचन्द्र की जय की गूंज आज पूरे विश्व में स्नाई दे रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गुण के कारण ही श्रीराम सम्पूर्ण हैं श्री मोदी ने भूमि पूजन से पहले हन्मानगढ़ी में दर्शन और पूजा की उन्होंने कहा कि हन्मानजी के आर्शीवाद से ही कलय्ग में श्रीराम के काज सम्पन्न होंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उत्तरप्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल समेत कई साध् संत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने भी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है सीएम अयोध्या मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कई वर्षो के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में श्रीराम मन्दिर का भूमि पूजन और शिलान्यास का स्वर्णिम अवसर आया उन्होंने कहा कि देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखण्ड रामायण का पाठ और रामधुन कर रहे हैं अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर के भूमि प्जन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा बीस सुत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन पर लोगों को श्भकामनाएं और बधाई दी है

राम मंदिर भूमिपूजन अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन होने पर प्रदेशभर में ख्शी का माहौल है हरिद्वार में श्रीराम मन्दिर के शिलान्यास के अवसर पर पंडिता महामना मदन मोहन मालवीय घाट पर मां गंगा का द्रग्धाभिषेक किया गया मन्दिर में लड्डओं का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया बागेश्वर में कई संगठनों में जुल्स निकालकर खुशी का इजहार किया

इस अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर ध्वजा फहरायी घर और मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ हुए

राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन से भारतीय रेडक्रास समिति द्वारा आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों पिथौरागढ़ उत्तरकाशी चमोली और रूद्रप्रयाग के लिए राहत सामग्री वाले ट्रकों और वाहनों को फ्लैग ऑफ किया राहत सामग्री में फेस्क मास्क फेस शील्ड और सैनेटरी पैड्स भी शामिल है राज्यपाल ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सामाजिक संगठनों और आम लोगों को भी आगे आना चाहिये

राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा इसके अलावा प्रदेश में योग केंद्र और जिम खोलने की अनुमति भी मिल गई है

इसके अलावा देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधमसिंह नगर में शनिवार और रविवार को होने वाला लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया गया है हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद से दोनों प्रदेशों में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले एक साल के दौरान विकास कार्यो की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए है

सीतावन कार्यक्रम अयोध्या में राममंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर पौड़ी जिले में कोट विकासखण्ड के फलस्वाड़ी गांव में स्थित सीतामाता भूवास स्थल पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया यह वही क्षेत्र है जिसे प्रदेश सरकार सीता सर्किट के रूप में विकसित कर रही है इस सर्किट से देवप्रयाग स्थित रघ्नाथ मंदिर सीताविदाकुटी सीता कुटी देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर और वाल्मीकि मंदिर को जोड़ा जा रहा है

इस मंदिर समूह में लोगों को राजा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस और सती की त्याग कथा से जुड़े प्रसंगों के भी दर्शन होंगे यह मंदिर यहां आने वाले देश विदेश के श्रद्धालूओं के बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा

हाईकोर्ट एनसीसी उत्तराखंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी एकेडमी की स्थापना टिहरी जिले में होगी इसे पौड़ी स्थानांतरित नहीं किया जायेगा उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से इस आशय का जवाब दिया गया है इसके बाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते स्क्ल बंद होने के कारण गढ़वाली भाषा को ऑनलाइन पढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया है